कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बेवजह बताया और कहा कि वास्तविक स्थिति से परे हटने पर उन्हें पीड़ा हुई है उन्होंने कहा कि इतने छोटे कार्यकाल में कांग्रेस को इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी ये उन्हें मालूम नहीं था मुख्यमंत्री कार्यालय में आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्ति पर जयराम ठाकुर ने कहा कि ये उनके महत्व का विषय बन गया इसकी भी उन्हें कल्पना नहीं थी उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय में कोई सेवानिवृत अधिकारी नहीं है और ओएसडी की नियुक्ति की एक अलग व्यवस्था रहती है मुकेश अग्निहोत्री द्वारा अपने भाषण में अधिकारियों पर टिप्पणी करने को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट के लिए विजन नेतृत्व ने दिया है और व्यवस्था का कांग्रेस पार्टी को सम्मान करना चाहिए इससे पहले चर्चा शुरू करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट में कोई नयापन नहीं है और अफसरशाही ने विभिन्न योजनाओं के नाम बजट में बदलवा दिए हैं प्रश्नकाल सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि विभिन्न पेयजल योजनाओं को ठेके पर दिए जाने की प्रथा पर राज्य सरकार पुर्नविचार करेगी प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस व भाजपा के विभिन्न सदस्यों के सवाल पर उन्होंने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि विभाग में निश्चित रूप से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कमी है और इसे भी धीरे धीरे पूरा किया जाएगा

भाजपा के राकेश पठानिया ने चक्की क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सवाल किया जिस पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पहले ही दिन से अवैध खनन रोकने का बीड़ा उठाया है और इस मामले में सख्त कार्रवाई भी की गई है उन्होंने कहा कि क्रशरों के परिचालन में जो भी व्यक्ति डिफाल्टर होगा उसके करीबी रिश्तेदार को काम नहीं करने दिया जाएगा माकपा के राकेश सिंघा के एक सवाल पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास इसी वर्ष हो जाएगा उन्होंने कहा कि इसके दो परिसर धर्मशाला व देहरा में खुलने तय हो गए हैं वीरेन्द्र कश्यप केन्द्र की उड़ान योजना के तहत पांच जिलों सोलन शिमला कांगड़ा मंडी और कुल्लू के प्रसिद्व पर्यटक स्थलों को पवन हंस एयरलाइंस के माध्यम से हैलीकॉप्टर सेवाएं दी जाएंगी केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप के एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि शिमला से मंडी व धर्मशाला और धर्मशाला से मंडी व शिमला के अलावा रामपुर से नाथपा झाकड़ी और शिमला के बीच होने वाली उड़ानों में एयरलाइंस को सप्ताह में तीन उड़ानें भरने के लिए कहा गया है जयंत सिन्हा ने बताया कि उड़ान योजना में उन राज्यों को चुना गया है जहां हवाई सेवाओं के माध्यम से बेहतर उड़ान सुविधाएं दी जानी हैं

कल शाम गिरीनगर में जन समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी बिंदल ने धौलाकुंआ में बन रहे तीन पुलों के निर्माण कार्यो का निरीक्षण भी किया उन्होंने निर्माण कार्य में अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री प्रयोग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए सुक्ख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने द्रंग चिंतपूर्णी और भटियात ब्लॉकों की कांग्रेस कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार विधानसभा चुनाव में इन ब्लॉकों में हुई पार्टी की करारी हार पर ये निर्णय लिया गया है नगर परिषद सोलन नगर परिषद में पिछले कुछ महीनों से स्थाई कार्यकारी अधिकारी न होने से लोगों को अपने कार्य करवाने में परेशानी हो रही है सोलन के तहसीलदार को परिषद के कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया मगर इससे दोनों कार्यालयों में कामकाज सुचारू होने में दिक्कत हो रही है लोगों ने नगर परिषद के लिए स्थाई अधिकारी लगाने की मांग की है रोहतांग लाहौल स्पिति जिले के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे से सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाने का कार्य आज से शुरू कर दिया है संगठन के जवान इसमें भारी मशीनरी की मदद ले रहे हैं संगठन के सितिंगरी में तैनात ऑफिसर कमांडिंग लैफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार ने बताया कि इस महीने के अंतिम सप्ताह तक दर्रे को आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा रोहतांग दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए दिसम्बर से बंद है